प्रदेश के नये इलाकों में दिमागी बुखार का प्रकोप फैला

और पटना में पिछले तीन साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन कल मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाईटिस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेंगे डॉक्टर हर्षवर्द्वन श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल का दौरा करेंगे जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं साथ ही वे मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे मुजफ्फरपुर से वापस लौटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्द्वन पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे इधर प्रदेशभर में दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर सत्तहतर हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मूजफ्फरपूर और इसके आसपास के इलाकों से पन्द्रह लोगों के मरने की खबर है

बीमारी का प्रकोप अब नये इलाकों में भी फैलने लगा है बेगूसराय समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिले में भी दिमागी बुखार के संदिग्ध मामले सामने आये हैं बेगूसराय में तीन बच्चों की मौत की खबर है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में इंसेफ्लाईटिस के संदिग्ध सात बच्चों का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है जहानाबाद में भी इंसेफ्लाईटिस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्र में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गयी इस बीच कोन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मूजफ्फरपूर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल का दौरा किया उन्होंने कहा कि सरकार बीमारी से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है

उन्होंने बताया कि चार सौ पैंतालीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों को प्रशिक्षित भी किया गया है जिससे पीड़ित बच्चों का वहीं प्राथमिक इलाज हो सके शिवहर की सांसद रमा देवी राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल का दौरा कर पीड़ित बच्चों के परिजनों से मुलाकात की केंद्र सरकार ने चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्यों से निश्चित कानून बनाने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हुए हमले को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस आशय का पत्र भेजा है उन्होंने भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा दिए गए इस आशय के कानून की प्रति भी मुख्यमंत्रियों को भेजते हुए कहा है कि चिकित्सकों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए इधर प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और काम पर लौट आये हैं जूनियर डॉक्टरों के संघ ने कहा है कि यदि सोमवार तक कोलकाता में डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर वे मंगलवार से हड़ताल पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है आज राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की शासी परिषद् की पांचवी बैठक को संबोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि भारत को वर्ष दो हजार चौबीस तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है उन्होंने गरीबी बेरोजगारी सूखा बाढ़ प्रद्षण भ्रष्टाचार और हिंसा का मिलकर मुकाबला करने का आहवान किया बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग एक बार फिर उठायी उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में न केवल निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आयेगा उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मे रैयत और बटाईदारों को शामिल करने का भी आग्रह किया साथ ही श्री कुमार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बंद कर प्राथमिकता वाली योजनाओं का कार्यान्वयन सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत कराने की मांग की पटना में आज मौसम का सबसे गर्म दिन रहा अधिकतम तापमान लगभग छियालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो पिछले तीन सालों में सबसे अधिक है मौसम विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान और राजस्थान की ओर से आ रही गर्म और शुष्क पछ्आ हवा के कारण तापमान में औसत से चार से सात डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा पटना नालंदा गया और भागलपुर में कल भी लू की स्थिति बनी रहेगी वहीं उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बादल छाये रहने और पूर्णियां तथा आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की सम्भावना जतायी गयी है आज गया का अधिकतम तापमान पैंतालीस दशमलव दो भागलपुर का इकतालीस दशमलव पांच और पूर्णियां का पैंतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है इधर भीषण गर्मी को देखते हुये पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पठन पाठन का काम उन्नीस जून तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं वहीं शिक्षा विभाग ने जिन जिलों में स्कूल खुल रहे हैं वहां तीस जून तक कक्षाओं का संचालन प्रातःकालीन सत्र में करने का निर्देश दिया है दरभंगा झंझारपुर रेल खंड पर आमान परिवर्तन के बाद दरभंगा से मंडन मिश्र हॉल्ट तक एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है दरभंगा जिले के मंडन मिश्र हॉल्ट पर आयोजित समारोह में स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवान मोहम्मद जावेद के पैतृक गांव मांडर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की श्री कैसर ने राज्य सरकार की ओर से दी गयी सहायता राशि ग्यारह लाख रूपये का चेक शहीद के परिजनों को सौंपा श्री कैसर ने अपने एक महीने का वेतन भी शहीद के परिजनों को देने की घोषणा की बक्सर जिले के राजपूर थाना क्षेत्र के डेबी डेहरा प्राथमिक विद्यालय के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी आरा रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने जाली नोट का कारोबार करने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है

प्रदेश के नये इलाकों में दिमागी बुखार का प्रकोप फैला

और पटना में पिछले तीन साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा